मुख्यमंत्री ने कहा इस मुद्दे को मंत्रिमंडल के समक्ष चर्चा के लिए पेश किया जाएगा उन्होंने कहा सरकार नामसाई और चांगलांग जिले में स्थायी रुप से निवास करने वाले गैर अरुणाचलियों की लंबित मांगो पर विचार कर रही है मुख्यमंत्री ने कहा अंतिम निर्णय लेने से पहले सरकार उचित दिशा निर्देश तैयार करेगी

पुलिस के अनुसार लोंकाई गाँव में कैडर के छीपे होने की सुचना मिलने के बाद असम राईफल द्वारा चलाये गये एक अभियान में एन एस सी एन आई एम का एक कैडर मारा गया

सुरक्षा बल अन्य कैडरो की तलाशी के लिए अभियान चला रही है

उनका कार्यकाल तीन साल का होगा मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति की आज नई दिल्ली में हुई बैठक में उनकी नियुक्ति को मंजूरी दी गई डॉ सुब्रमण्यम इस समय हैदराबाद के इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस में एसोसियट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत है

ये विद्यार्थि भारत को जाने कार्यक्रम से हिस्से के रुप में भारत आए है पत्रकारो से बातचीत में श्री रिजिजू ने कहा कि विदेशों में भारतीय समुदाय ने देश की अर्थव्यवस्था को गति देने में महत्वपूर्ण और रचनात्मक भूमिका निभाई है और भारत को विश्व की एक ताकत के रुप में दर्शाने में एक अहम अंग है केंद्रीय यूवा कार्य और खेल मंत्री कर्नल राज्यवर्द्वन राठौड़ ने कहा है कि देश में खेल कूद के लिए माहौल और लोगो की सोच बदल रही है आज नई दिल्ली में जागरण कॉनक्लेव को संबोधित करते हुए कर्नल राठौड़ ने कहा कि सरकार ने भी इस दिशा में कई कदम उठाये है अब क्रिकेट के ही नही बल्कि अन्य खेलों के सितारे भी उभरकर सामने आ रहे है युवा कार्य और खेल मंत्री ने दो हजार चौदह में एन डी ए सरकार के सत्ता में आने के बाद खेलकूद को बढ़ावा देने के लिए उठाये गये विभिन्न कदमों की जानकारी दी उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार ने नये उभरते खिलाड़ियो को अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओ में मौका देने के लिए ओलिम्पिक टॉस्क फोर्स का गठन किया है और टारगेट ओलिम्पिकपोडियम नाम की योजना शुरु की है उन्होंने कहा कि निचले स्तर पर ही खेल प्रतिभाओ का पता लगाने के लिए खेलो इंडिया स्कूल खेल का आयोजन किया जा रहा है उन्होंने कहा कि उनका मंत्रालय इस कार्यक्रम में पूरी मदद दे रहा है ताकि खिलाड़ियों को वरिष्ठ स्तर की प्रतियोगिताओ के लिए तैयार किया जा सके

जागरुकता कार्यक्रम शेरु माध्यमिक विद्यालय तवांग जिला उपायुक्त कार्यालय टाऊन सेकेण्ड्री स्कूल राजकीय उच्चत्तर माध्यमिक विद्यालय तवांग सहित विभिन्न स्थानो पर आयोजित किया गया

उन्होंने मजदुरो से इमरजेंसी के दौरान इस निशुल्क एम्बुलेंस सेवा का उपयोग करने और अन्य मजदुरो को बोर्ड द्वारा दी जा रही सुविधाओ का लाभ उठाने हेतु अपना नाम पंजीक़त करने का सुझाव दिया

उन्तीस साल की सेवा के बाद यह पनडुब्बी इकत्तीस मई उन्नीस सौ छियानंबे को प्रचलन से हटा ली गयी थी